प्रदेश में कल गोवर्धन पूजा का पर्व गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने बेटे होया बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं वे भी परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं श्री मोदी ने कहा कि लोंगोवाला पोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है जिससे दुनियाभर में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया सेना के इस एक निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी श्री मोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ रहा है प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार दीपावली पर वे एक दीया सैनिकों के सम्मान में जलाएं ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दीया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं हमें अपने उन जाबांज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं हमें घर में एक दीया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं लेकिन पूरा देश आपके साथ है राष्ट्रपति संदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है इस अवसर पर हमें गरीबों वंचितों और जरूरतमंद लोगों की समुद्धि के लिए उम्मीदों का एक दीपक बनने का संकल्प लेना चाहिए

यह त्यौहार अंधकार और निराशा को दूर कर लोगों के जीवन में सुख शांति और समुद्धि लाने का प्रतीक है दीपावली के मौके पर आज लोगों के घर दीपों और बिजली के रंग बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमगा रहे हैं ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था इस दिन की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है दीपावली के अवसर पर इस समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और कस्बों में लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं घर और आंगन में दीयों को रौशन कर दिया गया है घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां भी सजाई गई है बच्चों ने आतिशबाजी भी शुरू कर दी है दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही लोग खरीदारी में लगे रहे बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है लोग मिठाइयों पटाखों और कपड़ों के अलावा मौसमी फलों की भी खरीदी कर रहे हैं वहीं पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति और घरों को सजाने से संबंधित सामान भी लोग खरीद रहे हैं समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली धान की बालियों से बने झालर यानि फाता की मांग भी इस बार काफी रही है

वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे त्यौहार मनाते समय विशेष सावधानी बरतें और भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें वहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश की जनता से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की है दीपावली के अवसर पर चंदख्री स्थित कौशल्या माता मंदिर में हमर राम समिति की ओर से तीन हजार छह सौ छत्तीस दीप प्रज्जवलित किए जा रहे है छत्तीस गढ़ों के प्रतीक स्वरूप एक सौ एक एक सौ एक दीये जलाए जा रहे हैं इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समिति के संयोजक महंत रामसुंदर दास को छत्तीस दीये सोंपकर दीपदान किया कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कौशल्या मंदिर में इस बार रामलीला का आयोजन नहीं किया जा रहा है

इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लोग अब कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे ही फोड़ सकते हैं ऐसे पटाखे जिनसे अधिक प्रदूषण और ध्वनि उत्पन्न होती हो उन्हें फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों को भी फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है इस बीच नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष विस्वास ने कहा है कि पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है जो लोगों के श्वसन हृदय और स्नायु प्रणाली को आघात पहुंचाता है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री विस्वास ने कहा कि पटाखे जलाने से उत्सर्जित ध्यूएं में जहरीले पदार्थ होते हैं जिनसे गला संक्रमित होता है और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ती हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्योहार है इस दिन गायों की पूजा कर उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है शहीद जवान परिजन मुलाकात प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारी दीपावली के अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंच रहे हैं इसी कड़ी में मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर और अन्य अधिकारियों ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं और भेंट स्वरूप उपहार दिए वहीं दंतेवाड़ा जिले में डीआईजी सुंदरराज पी ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना इस दौरान उन्होंने डीआरजी के जवानों और महिला कमांडों को भी दीपावली की शुभकामना देकर उनका हौसला बढ़ाया कोरोना समाचार जागरूकता कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में प्रति एक लाख आबादी पर अट्ठाईस सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की जाएगी राज्य सरकार ने प्रदेश की लगभग तीन करोड़ आबादी के हिसाब से रोजाना लगभग आठ हजार चार सौ सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच का लक्ष्य निर्धारित किया है वहीं प्रदेश में कोरोना जांच के लिए दो हजार दो सौ पच्चीस केन्द्र बनाए गए हैं इनमें एक हजार उन्नीस सेंटरों में एंटीजन टेस्ट वहीं आरटी पीसीआर जांच के लिए छह सौ साठ तथा ट्र नॉट टेस्ट के लिए पांच सौ छियालीस जांच सैंपल कलेक्शन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं इन केन्द्रों में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत घर घर पहुंचकर कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच भी कराई जा रही है इधर कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सक लोगों को जागरूक कर रहे हैं चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराई जाए जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है प्रदेश में पिछले दिनों जारी कोरोना की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में मरीजों द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी ऐसे में चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना को हल्के में न लें

उधर दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर बने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को आज से संचालित करने की सशर्त अनुमति दे दी है सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा पंडित नेहरू जयंती राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सौ इकतीसवीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है श्री नायड् ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका लालन पालन प्रेम तथा स्नेहपूर्वक किया जाना चाहिए वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है कांग्रेस नेता राहल गांधी ने नई दिल्ली में शांति वन जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी इधर छत्तीसगढ़ में भी पंडित नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चे शिक्षा अपने कौशल से अपनी अलग पहचान बनाएं इधर बाल दिवस के अवसर पर कबीरधाम पुलिस ने आज चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का श्भारंभ किया इसके तहत इक्कीस नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर आम जनता को बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस संबंध में चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन नंबर एक शून्य नौ आठ पर संपर्क किया जा सकता है मतदाता सूची पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस समय विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है इसके तहत आगामी सोलह नवंबर को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसके बाद सोलह नवंबर से पंद्रह दिसंबर के बीच दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी प्राप्त दावों आपत्तियों का निराकरण पांच जनवरी तक किया जाएगा राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक अट्ठारह वर्ष की हो जाएगी वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे इसके लिए ये युवा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं श्रीमती कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता जोड़ने के साथ ही स्थानांतरित मतदाताओं का नए निवास स्थान के अनुसार संशोधन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी नर्सिंग छात्र उपस्थिति प्रदेश की सभी नर्सिंग छात्राओं को क्लीनिकल प्रशिक्षण लेने के लिए अपनी अपनी संस्थाओं में उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों को निर्देश जारी किए हैं जारी निर्देश के अनुसार नर्सिंग संस्थानों में यदि छात्राओं की उपस्थिति नर्सिंग काउंसिल या आयुष विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदंडों से कम रहती है तो उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है गौरतलब है कि नर्सिंग छात्राओं को क्लीनिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति बीते तेईस सितंबर को दी गई थी मुख्य सचिव समीक्षा मुख्य सचिव आरपी मंडल ने चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के निर्माण कार्यो की प्रगति गुणवत्ता और ऐतिहासिकता को संरक्षित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं श्री मंडल ने कल राम वनगमन पथ मार्ग के निर्माण कार्यों का जायजा लिया गौरतलब है कि चंदखुरी माता कौशल्या का मायका और भगवान श्रीराम का ननिहाल है राजधानी से बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता कौशल्या का मंदिर राम वनगमन पथ का महत्वपूर्ण भाग है राज्य सरकार की ओर से मंदिर के छब्बीस एकड़ क्षेत्र में सत्रह करोड़ रूपये की लागत से विकास कार्य किया जा रहा है दुर्ग हर घर स्कूल अभियान कोरोना संकट काल में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी ओर से पहल कर रही हैं इसी कड़ी में दुर्ग जिले में हर घर स्कूल अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत करीब दो सौ स्कूली बच्चों को लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन और राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान के सहयोग से शिक्षित किया जा रहा है इस कार्य में संस्था के पांच सौ से अधिक स्वयंसेवी जुटे हुए हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुण्डा की कल जयंती है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें याद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में सोलह नवंबर को भाईदूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है यह अवकाश बैंक कोषालय और उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने तीस किलो गांजे के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले के बारनवापारा अभयारण्य में आज तेंद्रएं की मौत हो गई